अन्य चार राज्यों छत्तीसगढ़ राजस्थान तेलगांना और मिजोरम में भी कल होगी वोटों की गिनती

चार मैचों की श्रृंखला में भारत एक शून्य आगे

सभी जिलों के लिए मतगणना संबंधित जिला मुख्यालयों पर होगी

साढ़े आठ बजे से ईवीएम मशीनों के मत गिने जाएंगे

भोपाल की सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सुदाम खाड़े ने कल मतगणना स्थल पुरानी जेल में व्यवस्थाओं की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने आवश्यक निर्देश भी दिए उमारिया छतरपुर धार राजगढ़ रायसेन देवास शिवपुरी आगरमालवा टीकमगढ़ गुना अनूपपुर श्योपुर बड़वानी होशंगाबाद जिलों में मतगणना की तैयारी पूरी होने के समाचार मिलें हैं

विशेष चुनाव बुलेटिन आकाशवाणी भोपाल द्वारा कल मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणामों की पल पल की जानकारी आप तक पहंचाने के लिये विशेष प्रबंध किये हैं

जनमत मध्यप्रदेश शीर्षक से प्रसारित होने वाली इस खास परिचर्चा में दिनभर के राजनैतिक घटना क्रम और चुनावी परिदृश्य पर विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त करेंगे

इसमें मध्यप्रदेश सहित पांचों राज्यों के चुनाव परिणामों पर चर्चा की जायेगी

एक बयान में उन्होंने कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से यह पद छोड़ रहे हैं श्री पटेल ने कहा कि कई वर्षो तक रिजर्व बैंक में विभिन्न पदों का कार्यभार संभालना उनके लिए सम्मान की बात है उन्होंने रिजर्व बैंक के कर्मियों अधिकारियों प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया नया संसद बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ससंद के शीतकालीन सत्र के दौरान देश के लोगों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरूण जेटली कांग्रेस नेता गुलामनबी आजाद आनन्द शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव और अन्य नेता बैठक में मौजूद थे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा ऊपरी सदन की सुचारु कार्यवाही सुनिश्चित करने में आम सहमति बनाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी है विपक्षी दलों की भी आज बैठक होने वाली है जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन निचले सदन की बैठकों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलेंगी मानवाधिकार आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये भोपाल में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला की मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी कार्यशाला का विषय सायबर सिक्योरिटी एवं मानव अधिकार था पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी पुलिस प्रशिक्ष् अधिकारी इस कार्यशाला में प्रतिभागी के रूप में मौजूद रहे